सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी

स्वाईन फुलू प्रदेश में स्वाइन फ्लू के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है

उन्होंने सभी से ऐहतियात बरतने की अपील की है नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने नीरज नैयर को चंबा जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया है नीरज नैयर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल से कार्य किया जाएगा उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का वे बाखूबी निर्वहन करेंगे दौरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान कोची के वैज्ञानिकों ने मत्स्य विभाग के बिलासपुर स्थित निदेशालय का दौरा किया इस अवसर पर निदेशालय में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया जिसमें मछली उत्पादन को घर बैठे ग्राहकों तक पहुंचाने के बारे में जानकारी दी गई वैज्ञानिकों ने मछली बाजार सूचना प्रणाली का मछली उत्पाद ऑनलाइन बेचने के बारे किसानों को बताया उन्होंने बताया कि कोची संस्थान ने एक वैब पोर्टल बनाया है जिसमें प्रदेश के मछली पालक अपने मछली उत्पादन को बेच सकते हैं और सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ कर उत्पादों का बेहतर मूल्य अर्जित कर सकते हैं कार्यशाला में मछली पालन विभाग के अधिकारियों व मछली पालकों ने हिस्सा लिया मौसम प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रूक रूक कर हो रहे हिमपात से जनजातीय जिलों में ठंड बढ़ गई है और लोगों को कई समस्याओं से जुझना पड़ रहा है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्की वर्षा शुरू हो गई है और सर्द हवाओं का दौर जारी है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने विधानसभा बजट सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है चंबा सीमेन्ट प्लांट पर सीएम के जवाब से गुस्साए विपक्ष का हंगामा नारेबाजी दिव्य हिमाचल का शीर्षक है गर्माने लगा विधानसभा का माहौल विपक्ष ने दिखाए तीखे तेवर दैनिक जागरण के शब्द हैं सेहत के सवाल पर पठानिया ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरा

दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है डॉक्टरों का पलायन रोकने के लिए सरकार ने लिया अहम फैसला जबकि आपका फैसला लिखता है चंबा सीमेन्ट प्लांट पर गर्माया सदन सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक बैजनाथ पपरोला पठानकोट ट्रैक पर दौड़ेगी एक्सप्रैस ट्रेन शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है सीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना हैरिटेज स्थल गुलेर में भी रूकेगी ट्रेन अजीत समाचार के शब्द हैं अब पांच घंटे में पूरा होगा बैजनाथ पठानकोट रेल सफर

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है वीरभद्र के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

जबकि अमर उजाला का कहना है आय से अधिक संपत्ति केस में वीरमद्र को राहत नहीं मौसम पर पंजाब केसरी लिखता है हिमाचल में भारी बर्फबारी व हिस्खलन की चेतावनी अजीत समाचार का शीर्षक है प्रदेश में आज भारी हिमपात व बारिश की चेतावनी अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय नशे पर बार में लिखा है कि नशे के लिए युवाओं को ही जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है इसके लिए समाज व परिजन भी जिम्मेदार हैं बच्चों को इस बुराई से दूर रहने के संस्कार दिए जाने चाहिए दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय नन्हीं रेल के एक्सप्रेस पांव में लिखा है कि पठानकोट से बैजनाथ तक बिछी पटरियों के साथ साथ हिमाचल की अपनी खासियत इतिहास व संस्कृति के कई अजूबे भी है रेल पर्यटन महज यात्रा नहीं बल्कि एक क्षेत्र से रू ब रू होने की वजह भी हो सकती है